जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक ली पेयजल की शिकायतों के निस्तारण पर नये दिशा निर्देश जारी मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले पांच दिनों तक तेज आंधी अंधड और बारिश की जारी की चेतावनी आईपीएल किकेट टूर्नामेंट का फाईनल आज हैदराबाद में मुम्बई इंडियंस और चैन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिये मतदान जारी है

छठे चरण के मतदान के लिए एक लाख तेरह हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं आज के मतदान में प्रमुख उम्मीदवारों में राधामोहन सिंह हर्षवर्धन मेनका गांधी नरेंद्र सिंह तोमर कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं छठे चरण में क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गम्भीर भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह हड्डा मुक्केबाज विजेन्दर सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा इस बीच सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है

सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखंड में तीन और चंडीगढ़ सीट के लिए मतदान होगा प्रदेश के कई हिस्सों में बढती गर्मी के बीच गहराते जल संकट के संबंध में कल जयपूर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी डी कल्ला ने भी भाग लिया बैठक में प्रदेश की करीब आधा दर्जन वृहद पेयजल योजनाओं को सैद्वांतिक स्वीकृति दी गई बैठक में प्रदेश के कई जिलों में संभावित जल संकट से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की गयी

इस बीच प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल की शिकायतों के निस्तारण को लेकर जलदाय विभाग ने नये दिशा निर्देश जारी किए है इन निर्देशों में पेयजल से जुड़ी शिकायत सुनने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक शिकायत पुस्तिका रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं इस पुस्तिका में आने वाली प्रत्येक शिकायत को दर्ज किया जाएगा और उस पर हुई कार्यवाही का निवारण भी लिखा जाएगा राज्य के पश्चिमी जिलों में पानी का संकट बढता जा रहा है

प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा

मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में अगले पांच दिनों तक आंधी अंधड और बारिश की चेतावनी जारी की है

विभाग के अनुसार अजमेर भीलवाडा भरतपुर अलवर सीकर सिरोही झुन्झुनू उदयपुर जयपुर जैसलमेर बाडमेर जोधपुर बीकानेर नागौर और हनुमानगढ में चौबीस घंटों में करीब पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण नागौर जिले में कल तेज आंधी से जनजीवन पर असर पडा अनेक स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई तेज अंधड से कच्चे छप्पर होर्डिंग और शादियों के टेंट उखड गये देर रात बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली बाडमेर और बालोतरा में कल रात तेज आंधी से घरों और सडको पर रेत जमा हो गई कई गांवों और ढाणियों में पेड और बिजली के खम्मे गिर जाने से बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंची जैसलमेर जिले में नाचना पोकरण भणियाणा सहित कई गांवों में तेज आंधी से घरों के छप्पर उड गये बिजली के खम्मे और कई पेड धराशायी हो गये

जालौर में तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ है

शहर के प्रमुख गेट पर नौपत वादन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है इसके साथ ही शोभायात्रा और प्रेष्याजंलि के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी शाम को उम्मेद राजकीय स्टेडियम में फैन्सी ड्रेस साफा बांधना बैण्ड वादन और रस्सा कस्सी प्रतियोगिताएं होंगी इससे पहले जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने जोधप्र के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कल शहर की प्रमुख जगहों घंटाघर शास्त्रीनगर और मंडोर उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों और आकर्षक रोशनी रंगोली तथा दीपदान कार्यक्रमों का आयोजन किया

परीक्षा समन्वयक डॉक्टर एन के व्यास ने बताया कि बीकानेर का डूंगर महाविद्यालय इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है उन्होंने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा में प्रदेशभर में साढे पांच लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे

वन्य जीव उप वन संरक्षक श्रीमती हरिणी वी ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के तहत दिल्ली के चिडियाघर से इन वन्यजीवों को लाया गया है आईपीएल क्रिकेट ट्र्नामेंट के फाइनल में आज हैदराबाद में मुम्बई इंडियन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा यह मैच शाम सात बजकर तीस मिनट से खेला जाएगा